तणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की केदारनाथ यात्रा को लेकर चुनाव आयोग से की शिकायत देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट आज जयपुर में हुआ जारी

लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये आज वोट डाले जा रहे हैं

इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की तेरह तेरह पश्चिम बंगाल की नौ बिहार और मध्य प्रदेश की आठ आठ हिमाचल प्रदेश की सभी चार झारखंड की तीन और चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट शामिल है इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा रविशंकर प्रसाद हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रनाथ पांडेय किरण खेर सनी देओल और रविकिशन शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल कांग्रेस की मीरा कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिब् सोरेन के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी इसी चरण से होगा स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिये व्यापक सुरक्षा प्रबंध किये गये हैं

चुनाव आयोग के वरिष्ठ सलाहकार भंवर लाल ने कहा कि सभी अधिकारी मतगणना को एक चुनौती के रूप र्मे लेते हुए आयोग के दिशा निर्देशानुसार इस कार्य को संपन्न कराएं

उन्होंने कहा कि मतगणना कार्य को त्रुटिरहित करने के लिए अधिकारी पूर्ण सजगता के साथ कार्य करें आयोग के वरिष्ठ सलाहकार ने मतगणना के लिए तीन विशेष बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र के प्रवेश द्वार पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाए इसके साथ ही मीडिया प्रबंधन के लिए सक्षम अधिकारी नियोजित किए जाएं और मतगणना हॉल में पूरी तरह से अनुशासन रखा जाए ताकि किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो उन्होंने कहा कि अंतिम परिणाम सटीकता के साथ जारी किए जाएं

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार राज्यों की विधानसभा चुनाव के ताजा रूझान और परिणामों के प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं

स्ट्रंडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के एफ एम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के केदारनाथ यात्रा के दौरान उनके भाषण और उसके टीवी दर्श है प्रसारण को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है इस बारे में तृणमूल नेता डेरेक ओ ब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोडा को आज एक पत्र लिखा है उन्होंने अपने पत्र में यह शिकायत करते हुए कहा है कि अंतिम चरण के मतदान के दिन मतदाताओं को लुभाने के लिए यह सब किया गया है उन्होंने चुनाव आयोग को इस मामले में कार्यवाही करने को कहा है बांसवाड़ा जिले में चिकित्सा विभाग बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए इन दिनों स्वास्थ्य जांच के साथ खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर रहा है विभाग का मानना है कि इससे बच्चों में सोचने की क्षमता विकसित होगी

देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट आज जयपुर में जारी किया गया राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने इसे जारी किया वॉलेट के माध्यम से रक्तदाता द्वारा दिए गए रक्त का डिजिटल लेनदेन शुरू किया जाएगा यह वॉलेट बैंकिग प्रणाली पर आधारित है इस अवसर पर स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के चैयरमेन डॉ एसएस अग्रवाल ने बताया कि यह वॉलेट पेटीएम की तरह काम करेगा और जिस तरह बैंक खाते से पैसे निकाल सकते है उसी तरह एक एप के द्वारा इसमें भी खून का लेनदेन संभव होगा

इस दौरान डेंगू के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार की गतिविधियां आयोजित की जा रही है यह जानकारी देते हए चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि इस पखवाड़े के दौरान प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले सभी मरीजों के परिजनों को मच्छरों के लार्वा के बारे में आवश्यक जानकारियां दी जाएगी

डॉशर्मा ने बताया कि मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में वर्ष भर का कैलेंडर तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं झालावाड़ जिले में मादक पदार्थ स्मैक की बरामदगी में पुलिस की संदिग्ध भूमिका का मामला सामने आया है इस मामले में उन्हेल थाने के एसएचओ महेन्द्र यादव सेहित तीन कांस्टेबलों की जांच के बाद झालावाड़ के एसपी राममूर्ति जोशी ने कल इन्हें निलम्बित कर दिया राज्य में चल रही वन्यजीवों की गणना आज संपन्न हो गई प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों और वनों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों द्वारा यह कार्य किया गया वन्यजीवों की गणना वॉटर होल्स के जरिए की गई

सुदीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से चीन के नाननिंग में शुरू हो रहा है

इसे ग्रुप में चीन और मलेशिया भी हैं महिला सिंगल्स में पी वी सिन्धू और साइना नेहवाल भारतीय चुनौती पेश करेंगी राज्य में लगातार कई दिनों से बदले मौसम से थोड़ी राहत की संभावना है

इस दौरान पूर्वी राजस्थान में मौसम सूखा बना रहेगा

गौरतलब हैं कि जालौर में कल तेज आंधी और गर्जन के साथ हुई बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे